जयप्र के शास्त्री नगर ईलाके में मासूम बालिका के साथ द्वष्कर्म का आरोपी सिकन्दर गिरफ्तार भरतपुर में हुई तेज बारिष के बाद दमदमा बांध में रिसाव प्रशासन कर रहा है पूरी निगरानी पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज प्रदेशभर में हुआ रन फोर वन दौड़ का अयोजन

उन्होने कहा कि लोकसभा में दलों से उपर उठकर लोककल्याण के विषयों पर चर्चा होती है वे आज जयपुर में पंद्रहवीं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को संबोधित कर रहे थे गौरतलब है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय प्रक्रिया और कार्य व्यवहार की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की गयी है इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा की नई वैबसाइट और मोबाईल एप्लीकेशन का लोकार्पण भी किया गया है

वे कल पणजी में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह से अलग संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कल अनूपगढ़ से बठिंडा के लिए फास्ट पैसेंजर रेलगाड़ी का श्भारंभ करते हुए यह घोषणा की उन्होने इस ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को देश की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ने के लिए जल्द ही एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरुआत की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि इस फास्ट पैसेंजर ट्रेन से भी यहां के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को बठिंडा पहुंचकर लंबी दूरी की अनेक रेलगाड़ियों का फायदा मिलेगा

इसके बाद शास्त्री नगर सहित आस पास के इलाकों में तनाव फैल गया था

सिकन्दर आदतन अपराधी है और मानसिक रूप से बीमार भी है इससे पहले हत्या के एक मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है पत्रकारों को इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी कुछ समय पहले ही पेरोल पर छूटा था इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया

शहर के बीचों बीच सिटी पैलेस के नाम से राजा का निवास बनाया गया मिर्जा इस्माइल और विद्याधर जैसे नगर नियोजकों का नाम भी जयपूर शहर के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है परकोटे के अंदर बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ जैसी संरचनाएं पर्यटकों को अभिभूत कर देती है साथ ही हवामहल और जंतर मंतर तो जैसे जयपुर शहर का प्रतीक ही बन गये हैं यूनेस्को के दल ने कुछ अरसा पहले इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए निरीक्षण किया था और इसके रख रखाव को लेकर चिन्ता प्रकट की थी फिलहाल युनेस्को ने परकोटे की स्थिति सुधारने के लिए एक वर्ष का समय दिया है

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बहत भारी और भारी बारिश हुई है

राज्य के विभिन्न जिलों से भी इस दौड़ की खबरें मिली है धौलपुर बांसवाड सवाईमाधोपुर ब्रंदी और बाड़मेर बड़ी संख्या में लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया और पौध रोपण किया बीकानेर में भी पूरे जोश खरोश के साथ नागरिकों ने रन फोर वन के तहत दौड़ लगाई और वातावरण को हरा भरा रखने का संकल्प लिया